एचआईएम संवाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमालय के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों के लिए विशेष योजना का अनुरोध किया गया है देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया ताकि सभी हिमालयी राज्यों की समस्याओं और जानकारियों को साझा किया जा सके कॉन्क्लेव के उपरान्त तैयार ड्राफ्ट को केंद्र सरकार को सौंपा गया है ताकि हिमालयी राज्यों के लिए योजनाएं बनाते समय उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए प्रमुख सचिव बैठक उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा है कि जिन दूरस्थ स्थित महाविद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं है वहां निदेशालय स्तर से उन महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों और प्रत्येक जनपद के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियों कॉफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक में उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों में शिक्षक टीचिंग प्लान पाठ्यक्रम पूर्ण होने की स्थिति शिक्षकों की तैनाती छात्र छात्राओं की संख्या नेट वर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता आदि सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी है

उन्होंने बताया कि जिन महाविद्यालयों में नेट कनेक्टिविटी की समस्या है वहां डीटीएच का इस्तेमाल करने और प्रत्येक स्ट्रीम के टॉपर बच्चों को स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग स्कीम बनाने के निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय को दिए गए हैं

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षकों को सम्मानित किया आपको बता दें कि सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रधानाचार्य हेडमास्टर एलटी प्रवक्ता और बेसिक कैडर के शिक्षक शामिल रहे इस दौरान संस्कृत शिक्षा के शिक्षक भी इस पुरस्कार से नवाजे गए इस अवसर पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि यह सम्मान हमारे शिक्षकों के लिए एक औषधि के रूप में काम आयेगा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में विभिन्न खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया खिलाड़ियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि खेलों इंडिया में अधिक से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी हो सके उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत इस वर्ष राज्य के दो लाख से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया है

इसके लिए सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता की जाएगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रूद्रपुर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की घोषणा की कार्यक्रम में खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि खेल महाकुम्भ और खेलो इंडिया के माध्यम से योग्य बच्चों को एक प्लेटफार्म मिला है न्यायपंचायत ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर पर लगभग दो लाख से अधिक खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है

पौड़ी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है नई टिहरी सहित जिले के गंगी नाग टिब्बा धनौल्टी चिरबटिया आदि ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात से जनजीवन प्रभावित हो रहा है ठंड के कारण लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं चमोली और रुद्रप्रयाग के सभी प्रमुख चोटियों और अन्य ऊंचाई वाले स्थानों पर भी अच्छी बर्फबारी हुई है उधर चम्पावत जिले के देवीधुरा खेतीखान एबटमॉन्ट मायावती में हिमपात हुआ है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं वहीं बारिश से जिले के विभिन्न मार्ग बाधित हैं अल्मोड़ा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जारी है प्रसिद्ध जागेश्वर धाम रानीखेत चौबटिया में मौसम का तीसरा हिमपात हुआ कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है नैनीताल में आज हल्की बर्फबारी हुई पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी आदि स्थानों में भी बर्फबारी हुई है बागेश्वर जिले के कौसानी कराला पलाड़ी और पिंडर घाटी की पहाड़ियां और गांवों एक बार फिर बर्फ से लकदक हो गए हैं एक से लेकर दो फीट तक बर्फबारी होने से आमजन मुश्किल में है बर्फबारी वाले गांवों की बिजली सड़क संचार पेयजल सुविधाएं प्रभावित हुई हैं पशुपालकों के अनुसार चारे आदि की सबसे अधिक दिक्कत हो रही है आज भी अधिकांश जिलों में बादल छाये रहे हालांकि राजधानी देहरादून में धूप खिलने से लोगों को राहत मिली

आज कपाट खोलने की तिथि और समय का मुहूर्त निकाला गया जिसकी घोषणा महाराजा मनुजेंद्र शाह ने की

इसी दिन नरेंद्रनगर से बद्री धाम के लिए गाडू घड़ा यानि तेल कलश यात्रा का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ होगा वसंत पंचमी उमंग और उल्लास के प्रतीक ऋतुराज वसंत के आगमन के द्योतक वसंत पंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया गया लोगों ने गंगा यमुना अलकनंदा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई मंदिरों पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थाओं में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई राजधानी देहरादून में बंगाली समाज की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में पूजा पंडालों में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी जहां लोग पूजा अर्चना के लिए जुटे वहीं पूर्वा सांस्कृतिक मंच की ओर से सामूहिक सरस्वती पूजन व सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया इसमें देहरादून में रह रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया मंच के पदाधिकारी संजय झा ने बताया कि पूजा अर्चना और भजन संध्या के पश्चात कल सुबह प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा वसंत पंचमी का पर्व उत्तराखंडी समाज में भी परंपरागत ढंग से मनाया गया पर्वतीय क्षेत्र के साथ राजधानी में भी लोगों ने घरों ने पूजा अर्चना के साथ ही खासतौर से मीठा भात बनाया इस मौके पर पतंगबाजी भी हुई राज्यपाल बेबीरानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं कोरोना वायरस चंपावत कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई एडवाइजरी के बाद चम्पावत जिले से लगी भारत नेपाल सीमा पर यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है सीमा पर पुलिस एसएसबी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त चेक पोस्ट बनाया है राज्य सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर नजर रखने और उनका चेकअप करने के निर्देश दिये गए हैं जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी आरपी खण्डूड़ी ने बताया कि कोरोना वायरस की जांच के लिए जिले में दो टीमें बनायी गयी हैं उन्होंने बताया कि आज से ग्राम और न्यायपंचायत स्तर पर भी इस सम्बंध में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अल्मोड़ा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई

बैठक में बताया गया कि कृमि नियंत्रण की दवा खिलाने से खून की कमी दूर होती है और पोषण का स्तर बेहतर होता है क्रमि संक्रमण के कारण अकसर बच्चों में पेट दर्द उल्टी दस्त वजन कम होने के लक्षण नजर आते हैं एल्बेंडाजोल क्रमि नियंत्रण के लिए बच्चों और वयस्क दोनों के लिए सुरक्षित दवा है

इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्वालुओं के लिए कुम्भ क्षेत्र का विस्तार किया जाना आवश्यक है

आशा सम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चंपावत में आशा कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आशा कार्यकर्रियों के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता करने और उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय ने कहा कि आशा कार्यकर्त्रियों ने ग्रामीण क्षेत्र के घर घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्वियों को ग्रामीण स्तर पर बालिका भ्रूण हत्या रोकने में कारगर भूमिका निभाने को कहा